इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है और यही हमारे संविधान की खूबी भी है बाईट पीएम आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना समारोह इधर संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की राज्यपाल ने कहा कि हमारे संविधान ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की उन्नति में प्रमुख भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान पूरे विश्व में एक विशिष्ट दस्तावेज है और इस महान योगदान के लिए बाबा साहेब को कभी नहीं भुलाया जा सकता उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस आयोजित करने का उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व और इसके रचनाकार डॉक्टर बीआर अम्बेदकर के बारे में जागरूकता पैदा करना है उन्होंने कहा कि संविधान के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के समी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर और अभियान आयोजित किए जाएंगे इस बीच प्रदेश में विभिन्न कार्यालयों में संविधान दिवस पर अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई हमीरपुर जिला के सुजारपुर विधानसभा क्षेत्र की पटनौण पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा दुनिया में हमारा संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसके तहत पूरे देश की हर व्यवस्था काम करती है

इनमें एक सौ नौ सड़कों को हरित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के तहत तैयार किया जाएगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली में ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के समीप विशेष बच्चों के संस्थान में दौरा कर विद्यार्थियों से बातचीत की उन्होंने संस्थान के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे वे आत्मनिर्भर बन सकते है राज्यपाल ने कहा कि विशेष बच्चों की प्रतिभा को उभारने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी समाज की है उन्होंने बच्चों को मिठाईयां व शॉलें भी वितरित की परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पपरोला महाविद्यालय को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाने के कार्य में तेजी लाने का केंद्र से आग्रह किया है केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद यसो नायक से आज नई दिल्ली में भेंट के दौरान विपिन परमार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी है

केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में शीघ्र उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि संविधान का पालन करना सभी का नैतिक दायित्व है सिरमौर जिला के पांवटा में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही बिंदल ने कहा कि देश के संविधान में विभिन्न अधिनियमों व नियमों द्वारा बच्चों के अधिकारों व उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से शिक्षा के अलावा खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आहवान किया जयराम ठाकुर राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक व अन्य इकाईयां स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी व निजी भूमि चिन्हित करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही उन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुकी परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने उद्योग ऊर्जा और पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को भी कहा उन्होंने वन स्वीकृतियों के मामलों को समयबद्व निपटाने पर बल दिया

उन्होंने निवेशकों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्त्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है शिमला जिला भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि मेहता की अध्यक्षता में आज शिमला में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हर कार्यकर्त्ता को आपसी तालमेल व मिशन के रूप में भाजपा को धरातल पर मजबूत करने के प्रयास करने को कहा जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार होने का हिमाचल को भरपूर लाभ मिल रहा है सुरेश भारद्वाज शिमला शहर के संजौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नए भवन के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पाठशाला के वार्षिक समारोह में आज यह जानकारी दी उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का आहवान करते हुए अभिभावकों को भी इसमें सहयोग का आग्रह किया उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के भरसक प्रयास किए जा रहे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हिमाचल दीर्घा में आयोजित हिमाचल दिवस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे कार्यशाला महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से सोलन में आज जिला स्तरीय कार्यशाला लगाई गई महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी उपायुक्त के सी चमन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व संबंधित विभाग गांव गांव जाकर महिलाओं को नशे व घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करेंगे वहीं महिलाओं ने कार्यशाला को लाभकारी बताया

इससे सामान्य तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आने पर शीतलहर बढ़ गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा जिला की धौलाधार और सिरमौर जिला की चूड़धार चोटी पर बर्फबारी का क्रम जारी है निचले जिलों में बाद दोपहर से हल्की वर्षा व ठंडी हवाएं चलने से ठंड का जोर बढ़ गया है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में दिन भर घने बादल छाए रहे और बाद दोपहर से रूक रूक कर वर्षा हो रही है